आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्र म में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय का संकल्प और नियम का पालन इस संकट से निपटने में सहायक होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे एक सौ तीस करोड़ की आबादी वाले देश के पास कोरोना को खिलाफ लड़ाई के लिए पूर्णबंदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं आपकी परेशानी भी समझता हूं

कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्प्ता बचा है आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है कठिनाई हुई है

श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण है इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिनके बारे में विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया उन्होंने कहा कि हमें गरीबों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा संकट की इस घड़ी में जब भी कोई गरीब या भूखा व्यक्ति दिखे तो सबसे पहले उसे खाना खिलाने का प्र यास करना चाहिए श्री मोदी ने एक श्लोक की चर्चा करते हुए कहा कि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरू में ही निपटना चाहिए हमारे यहां कहा गया है एवं एव विकारः अपि तरूणः साध्यते सुखम् यानी बीमारी और उसके प्रकोप से शुरूआत में ही निपटना चाहिए बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और आज पूरा हिन्दुस्तान हर हिन्दुस्तानी यही कर रहा है

इस लड़ाई के अनेकों योद्वा ऐसे हैं जो घरों में नहीं घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं खास करके हमारी नर्सेस बहने हैं नर्सेस का काम करने वाले भाई हैं डॉक्टर हैं पैरा मेडिकल स्टाफ हैं ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उनसे प्रे रणा लेनी है प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के विरूद्ध संघर्ष में डटे कुछ लोगों से फोन पर हुई बातचीत को साझा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत ने उनका उत्साह बढ़ाया है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखना ही है लेकिन हमें यह समझना होगा कि सुरक्षित दूरी का मतलब सामाजिक संपर्क खत्म करना नहीं है बल्कि यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है श्री मोदी ने बताया कि रायपुर के परीक्षित और गुरूग्राम के आर्यमन तथा झारखंड के सूरज का पोस्ट पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के ई रीयूनियन करने की चर्चा की है प्रधानमंत्री ने उनके इस सुझाव को काफी रोचक बताया प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों या घर में विशेष निगरानी में रखे जा रहे लोगों के प्रति लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखना ही है लेकिन हमें यह समझना होगा कि सुरक्षित दूरी का मतलब सामाजिक संपर्क खत्म करना नहीं है श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में यही हिन्दुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेगा श्रम ईपीएफ योजना कर्मचारी भविष्य निधि योजना के खातेदार इस समय अपने खाते में जमा राशि का तीन चौथाई हिस्सा निकाल सकते हैं केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने यह सुविधा देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों को दी है इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि कानून में संशोधन भी किया गया है ताकि सदस्यों को अपने खाते में जमा राशि निकालने की सुविधा मिल सके यह सुविधा अट्ठाईस मार्च से प्रभावी हो गई है

उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत दो माह के मु फ्त राशन का वितरण प्रारंभ करने दूध सब्जी की दुकानों के साथ अनाज मंडी और पेट्रोल पंप जैसे पहले खुले रहते थे वैसे ही खुले रखने के निर्देश दिए हैं श्री बघेल ने वीडियो कॉन् फ्रें सिंग के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों से छ त्ताीसगढ़ लौटने वाले मजदूरों को राज्य की सीमा पर स्कूल आश्रम हॉस्टल जैसे स्थानों में ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाए साथ ही उनका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया जाए श्री बघेल ने कहा कि अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों यात्रियों और छात्रों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि छत्ता ी सगढ़ से जो लोग बाहर हैं उनकी पूरी सूची तैयार की जाए उन्होंने कहा कि मजदूरों को खेतों में काम करने से ना रोका जाए मुख्यमंत्री ने खाद बीज और कीटनाशक की दुकानों को भी खुली रखने के निर्देश दिए श्री बघेल ने बंद पड़े कारखाना मालिकों से मजदूरों के लिए भोजन रहने की व्यवस्था करने को कहा उन्होंने सभी कलेक्टरों से भूमिहीन कृ धक मजदूरों की सूची बनाकर तैयार रखने के निर्देश दिए

इसके साथ ही कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में बिस्तर और आईसीयू के अलावा वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है इधर राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए रायपुर के नागरिक आपूर्ति निगम द फ्तर में कंट् ोल रूम बनाया गया है वहीं प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए विशेष सचिव व्ही के छबलानी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है

वहीं सांसद साव ने अपने वेतन से एक लाख रूपये भी इस कोष में देने का निर्णय लिया है इधर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कोरोना वायरस संक्र म ण की रोकथाम के लिए अपनी सांसद निधि से मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक करोड़ रूपए प्रदान किए हैं

कोरोना रेलवे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने का निर्णय लिया है इसके लिए रेलवे के पार्सल द्रे नों के माध्यम से मांग के अनुरूप इच्छुक पार्टियां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रायपुर और नागपुर रेल मंडल के पार्सल द पतरों में संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते हैं पार्सल के लिए इच्छुक पार्टियां रेलवे मुख्यालय के अलावा बिलासपुर रायपुर और नागपुर मंडल के मोबाइल नंबरो पर भी संपर्क कर सकते हैं

इस संबंध में सभी संभाग आयुक्तों कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अनुमति देने से पहले समुचित उपाय करने को कहा गया है कृषि विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कुछ कृषक संगठनों ने अनुरोध किया है कि सब्जी और फल तोड़ने तथा उनकी पैकेजिंग का कार्य करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है उन्होंने बताया कि मजदूरों को आने जाने में परेशानी हो रही है जिससे आने वाले दिनों में स्थानीय बाजारों में फल और सब्जी की कमी हो सकती है

इसे देखते हुए बीते चौबीस मार्च को जारी निर्देशों में सब्जी अनाज और फल के अलावा कोल्ड स्टोरेज और गोदामों को भी छूट प्रदान की गई है

राजधानी रायपुर में नगर निगम ने शहरी क्षेत्र के तीस हजार जरूरतमंद परिवारों तक मु फ्त खाद्य सामान पहुंचाने की मुहिम शुरू की है जिसका शुभारंभ कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया इस पहल के तहत रायपुर प्रत्येक जरूरतमंद परिवारों को चावल दाल तेल मसाले आलू आटा दूध का पैकेट मास्क और साबुन जैसी आवश्यक वस्तुएं दी जा रही हैं इसके अलावा तीन हजार ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है इधर बिलासपुर के विधायक शैलेष पांडे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है बताया जाता है कि लॉकडाउन के बाद भी विधायक के निवास पर राशन लेने लोगों की भीड़ लगी थी वहीं शहर में अलग अलग निजी अस्पतालों में कार्यरत् दो नर्सों को मकान खाली करने की चेतावनी देने वाले एक पार्षद और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है उधर दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में ईंट भट्ठों में काम करने वाले करीब एक हजार से अधिक मजदूरों को एक महीने का राशन की व्यवस्था ईंट भट्ठे के मालिक और आसपास की ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है वहीं दुर्ग नगर निगम के अमले ने चार सौ लोगों को मुफ्त भोजन कराया है साथ ही जिले की एक सामाजिक संस्था ने साठ परिवारों को एक ह पते की राशन सामग्री भी उपलब्ध कराई है इसके अलावा सांसद विजय बघेल के द्वारा भी करीब चार हजार लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं

वहीं रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना अंतर्गत उज्जवलपुर स्थित एक निजी स्टील प्लांट को एसडीएम द्वारा आगामी चौदह अप्रैल तक सील कर दिया गया है बताया जाता है कि लॉकडाउन के दौरान भी प्लांट में लोगों की आवाजाही और वाहनों का आवागमन जारी था शहर के एक मिठाई दुकान के संचालक के खिलाफ लॉकडाउन के बाद भी दुकान खुली रखने पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है इसी जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगभग बारह हजार मास्क तैयार कर वितरित किए जा चुके हैं उधर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाने में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर एक युवती के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है बताया जाता है कि कुछ दिन पहले इस युवती का भाई राजस्थान से आया था और युवती भी उसके साथ भैरमगढ़ पहुंची थी इसके बावजूद दोनों ने न ही रू क्रीनिंग कराई और न ही अपने आने की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी वहीं कबीरधाम जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसके जरिये जरूरतमंद लोग राशन और अन्य मदद मांग सकते हैं इस बीच जिले की नगर पालिका ने शहर में पंद्रह हजार मास्क भी वितरित किए हैं कोरोना वायरस के सं क्र म ण की रोकथाम के मद्देनजर केंद्रीय जेल महासमुंद और धमतरी से पांच पांच बंदियों को मुचलके पर छोड़ा गया है वहीं महासमुंद जिला जेल से साठ अन्य विचाराधीन बंदियों की सूची भी जिला न्यायालय को भेजी गई है बस्तर जिले में विदेश से वापस लौटे करीब उनयासी लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है वहीं विदेश से लौटे पांच अन्य लोगों की तलाश पुलिस प्रशासन को है पूरे जिले में सोलह सौ से अधिक लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है

उधर कोंडागांव जिले में तीन सौ से अधिक जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन सामग्री दी जा रही है इस योजना की आज से शुरूआत की गई वहीं पश्चिम बंगाल से पैदल अंबिकापुर पहुंचे मजदूरों को शहर के यात्री प्रतीक्षालय में ठहराया गया है बताया जाता है कि ये सभी मजदूर मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ने के बाद प्रदेश में आज मौसम का मिजाज कुछ बदला रहा राजधानी रायपुर के कुछ भागों में आज दोपहर बाद हल्की ब्रंदाबांदी हुई मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दोरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है वहीं कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना है